प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कल से दशभर में शुरू हो रही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना देश में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी श्री मोदी ने आज ओडिसा के तालचेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही

प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है

इस योजना के तहत देश के दस करोड़ गरीब परिवारों को करीब करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सालभर में पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सत्तासी करोड़ सत्तावन लाख रूपये की लागत से गोरखपूर में जिले की कूल छत्तीस परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया जिसमें तीस करोड़ रूपये की लागत से नौ परियोजनाओं का शिलान्यास तथा सत्तावन करोड़ सत्तावन लाख रूपये की सत्ताईस परियोजनओं का लोकार्पण किया इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आसरा योजना के सात सात लाभार्थियों को आवास की प्रतीक चाभी और पमाण पत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सात लाभार्थियों को अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड वितरित किया इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे अपने आवंटित आवासों में रहें उन्होंने कहा कि सरकार गरीबो के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है और इस दिशा में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है श्री योगी ने कहा कि सरकार ने कुष्ठ रोगियों को एक एक मुख्यमंत्री आवास राशनकार्ड प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि वनटांगियां मुसहर थारू एवं अन्य जन जातियों के लोगों को भी राशन कार्ड पेंशन और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा जिससे उनका सामाजिक उत्थान हो सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली बदायूं शाहजहांपुर पीलीभीत बहराइच सीतापुर और हरदोई सहित प्रदेश के सभी जिलों में संक्रामक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये हैं राज्य के बरेली देवी पाटन और लखनऊ मंडल के सात जनपदों में पिछले माह से बुखार के रोगियों में वृद्धि के मद्दनजर श्री योगी ने अधिकारियों से संक्रामक रोग नियंत्रण कार्य योजना का पूरी तरह क्रियान्वयन करने को कहा है इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग प्रभावित इलाकों में व्यापक स्तर पर जरूरी उपाय कर रहा है जिला मुख्यालय में संचालित सभी सरकारी अस्पतालों में फोवर हेल्प डेस्क बनाई गई है जहां बुखार पीड़ित मरीजा की जांच और विशेष देखभाल की जा रही है इसी तरह प्रभावित क्षेत्रों में ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी ब्रखार पीड़िता के लिए जांच और जरूरी इलाज की व्यवस्था की गई है प्रवक्ता ने बताया कि इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित बरेली जिले में एक सौ बावन टीमें सक्रिय है और एक राज्य स्तरीय टीम सभी कार्यो की निगरानी कर रही है जनपद के दस ब्लाकों के तकरीबन एक सौ पचास गांव प्रभावित पाये गये हैं जहां स्वास्थ्य टीमें घर घर जाकर इक्यासी हजार से ज्यादा रोगियों को चिन्हित कर चुकी है इन टीमों ने लगभग साढ़े तीन हजार बुखार पीड़ितों की जांच और उनका इलाज किया है इसी तरह बहराइच जिले के दो विकासखंडों में बारह गांव बुखार से सर्वाधिक प्रभावित हैं यहां सक्रिय स्वास्थ्य टीमों ने अब तक अड़सठ मरीजों की जांच और उनका उपचार किया है आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक इन प्रभावित जिलों म किसी रहस्यमयी बुखार का प्रकोप नहीं है बल्कि मलेरिया बुखार का प्रसार मात्र है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

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि केन्द्र और प्रदेश की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है श्री मौर्य आज लखनऊ में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि बैठक में लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को हर तरह का न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपना एक एक पल राष्ट्र के नव निर्माण के लिए समर्पित कर रहे हैं उन्हाने कहा कि कांग्रेस और उसके समर्थन में खड़ी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ऐसे परिश्रमी प्रधानमंत्री की कार्यशैली और उनके कार्यो पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं

उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस के शासनकाल में गरीबों को उनका हक जाति और धर्म देखकर दिया जाता था जबकि मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए हर वर्ग को उसका हक दे रही है

श्री शर्मा आज जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पंडित दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ के तत्वावधान में आयोजित एक सेमिनार में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही छियालीस राजकीय डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शोध भी उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है

चित्रकूट में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से साठ भेड़ों की मौत हो गई और दर्जनों भेड़े घायल हो गई जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के ओरा गांव में आज यह हादसा उस समय हुआ जब जर्जर हाईटेंशन तार भेड़ों पर गिर गया तार टूटने से गांव वाले भी बाल बाल बच गये बिजली विभाग की इस लापरवाही से लोगों में खासा आक्रोश है मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए निर्वाचन आयोग जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है झांसी में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री रावत ने कहा कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को हाईटेक कर लिया गया है और अब एमथ्री ईवीएम को इस्तेमाल में लाया जा रहा है यह ज्यादा संवेदनशील हैं उन्होंने कहा कि ईवीएम का निर्माण देश में ही कराया जाता है केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने कहा है कि केंद्र ने वस्तु और सेवाकर व्यवस्था में पंजीकृत विक्रेताओं को एसएमएस के जरिए कर देय नहीं होने की रिपोर्ट दायर करने की सुविधा देने का फसला किया है उन्होंने बताया कि सूक्ष्म लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्यमों के लिए कर अनुपालन को अधिक आसान बनाने के उपायों के बारे में भी मंत्री समूह विचार कर रहा है श्री अढ़िया ने कल पटना में व्यापार और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के दौरान कहा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे पंजीकृत विक्रेता रिटर्न भरने के अनिवार्य दायित्व से बच सकें विश्व बैंक बोर्ड ने भारत के महत्वाकांक्षी पंचवर्षीय देशी भागीदारी ढांचे का समर्थन किया है इस कदम का उददेश्य संसाधन सम्पन्न और समग्र विकास रोजगार सुजन और मानवीय पूंजी निर्माण जैसी महत्वपूर्ण विकास प्राथमिकताओं में होने वाली समस्याएं दूर करके भारत को उच्च मध्यम आय वाला देश बनाना है दक्षिण एशिया में विश्व बैंक के उपाध्यक्ष हार्टविंग शाफर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजो से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और इसका वैश्विक महत्व है